कोरोना काल के बाद के इस पहले बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रम्ख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण भौतिक तथा वितीय पूंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अन्संधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन वित मंत्री ने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम किसानों की आय दोग्नी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकलपबद्धता व्यक्त होती है

राष्ट्रीय भाषा अन्वाद अभियान नामक एक नई पहल का प्रस्ताव दिया गया है जिससे इंटरनेट पर शासन और नीति संबंधित ज्ञान रूपी भंडार का डिजिटलीकरण करने के साथ साथ इसे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भी कराया जाएगा

बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर खासा जोर है

इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहत जोर दिया गया है देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं हमारे किसान हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये गरीबों किसानों मध्यम वर्ग को मजब्ती प्रदान करने वाला बजट है

लिखित परीक्षा के बगैर होने वाली यह भर्ती कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर पद के लिए होगी